केन्द्र सरकार ने लोगों से पंजीकरण कराने और टीका लेने की अपील की

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस पारित हो गया विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के महाबोधि मंदिर समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह विधेयक सदन में लाया गया है श्री कुमार ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्षी दल के सदस्यों ने बिना किसी उचित कारण के इस विधेयक पर काफी हायतौबा मचाया है

उन्होंने कहा कि विशेष सशस्त्र पूलिस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आपराधिक तत्वों से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएगी श्री कुमार ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी आपत्तियों को उठाना चाहिए था सरकार उनकी सभी आपत्तियों का निराकरण करने के लिए तैयार है

इसके बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से पैंतालीस वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

ये पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने की बात कही गयी है इधर देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है इस बात पर भी बल दिया गया है कि गतिविधियों की फिर से शुरूआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का कड़ाई से पालन किया जाये साथ ही गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है प्रदेश में अब तक इक्कीस लाख ग्यारह हजार चार सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें सत्रह लाख दस हजार चार सौ पन्द्रह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख एक हजार चार लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक पांच करोड़ पचहत्तर हजार एक सौ बासठ लोगों को कोविड वैक्सीन के डोज दी जा चुकी हैं इनमें उनासी लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है जबकि पचास लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा टीका भी लगाया जा चूका है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

इसमें सबसे अधिक पटना से तीन सौ मामले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश के उनतीस जिलों से कोविड के एक सौ ग्यारह नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना से पचास पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव एक सात प्रतिशत है कर्मचारी भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों को पांच लाख रूपये तक पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं देना होगा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी वॉलिंटरी प्रोविडेंट फंड वीवीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के निवेश पर छूट पा सकते हैं

इस पद के लिए एनडीए की ओर से जदयू के महेश्वर हजारी ने अपना पर्चा दाखिल किया है जबकि महागठबंधन की ओर से भूदेव चौधरी ने नामांकन भरा है प्रदेश में पहली बार ई सेवाकेन्द्रों की ऑनलाइन शुरूआत की गयी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पटना उच्च न्यायालय पटना व्यवहार न्यायालय और मसौढ़ी अनुमंडलीय न्यायालय में स्थापित किये गये ई सेवाकेन्द्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ई सेवा केन्द्र से लोगों को ई कोर्ट से संबंधित किसी भी तरह की सहायता मिलेगी न्यायाधीश ने कहा कि ई कोर्ट फाईलिंग के लिये पक्षकारों को बिना किसी शुल्क के स्कैनिंग और ई मेल और व्हाट्सऐप के माध्यम से सुविधा प्रदान की जायेगी

निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के जिला संयुक्त औषधालय के प्रधान लिपिक रमेश चौधरी को पन्द्रह हजार रूपये धूस लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया है प्रधान लिपिक के खिलाफ गया जिले के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी थी प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पश्चिम की ओर से राज्य में गर्म हवा आ रही है जबकि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा आ रही है जिससे दोनों हवाओं में टकराव से बादल छाये रहने की सम्भावना बनी हुई है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बारिश होने की सम्भावना नहीं है मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि राज्य के मौसम में कभी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो कभी तापमान गिर रहा है यह स्थिति इस माह के अंत तक बने रहने के आसार हैं

पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली जा रही बिहार क्रिकेट लीग में दरभंगा डायमंड्स की टीम ने पटना पाइलट्स को एक रोमांचक मुकाबले में एक रन से हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है पटना पाइलट्स के सरमन निगरोध को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर विद्यापति हवाई अड्डा करने से संबंधित प्रस्ताव विधानमंडल में पारित हो गया है अब इसे केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा राज्य सरकार ने प्रवासी बिहारी मजदूरों और कामगारों की मदद के लिए वाट्सएप नम्बर एक सात दो एक सात सात आठ आठ एक एक चार जारी किया है रोहतास जिले के सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया अंचलाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों सहायता अनुदान के रूप में चार चार लाख रूपये दिये जाएंगे सारण जिले के रसूलपुर में पुलिस ने एक वाहन से लगभग पचहत्तर किलो गांजा बरामद किया है बरामद गांजा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग तीस लाख रुपए बतायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा में पुलिस विधेयक पर हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है विधानसभा में छह घंटे तक विपक्ष का हंगामा सारी हदें हुईं पार पहली बार सदन में बुलानी पड़ी पुलिस दैनिक जागरण ने हंगामे पर शीर्षक दिया है विधानसभा में पहली बार सदन में पुलिस बाहर विधायक हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है लोगों की रक्षा के लिए है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक दैनिक भास्कर ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय पर सुर्खी दी है मोरेटोरियम अवधि के दौरान कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा

केन्द्र सरकार ने लोगों से पंजीकरण कराने और टीका लेने की अपील की